गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये नई गाइड लाइन भी जारी की है जिसमें देश के जिलों को रेड ग्रीन और औरेंज जोन में बांटा गया है

नई गाइड लाइन में हवाई और रेल यातायात तथा मेट्रो और सड़क मार्ग से सामान्य अतंराज्यीय परिवहन की अनुमति नहीं होगी इस अवधि में शिक्षण संस्थाएं होटल रेस्तरा तथा सिनेमा हाल जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान नहीं खूलेंगे किसी सामाजिक राजनीतिक या धार्मिक उत्सव की इजाजत नहीं होगी मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों के साथ वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों में फंसे श्रमिकों की चरणबद्ध ढंग से वापसी कराई जायेगी

उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार अपने नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था कर रही है प्रदेश में अब तक कोविड अस्पतालों में बावन हजार बिस्तरों की व्यवस्था कराई जा रही है और इस महीने के अंत तक यह संख्या एक लाख तक करने की योजना है मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग बीस लाख श्रमिकों के खाते में एक हजार रूपये की अगली किस्त आज जमा कराई जा रही है प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को छह सौ ग्यारह करोड़ रूपये का भूगतान किया गया है तथा अट्ठारह करोड़ लोगों को राशन दिया गया है

उन्होंने बताया कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों और रियल स्टेट के जारी कामों को फिर से शुरू किया जा रहा ह उन्होंने जनता से अपील की कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करके राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमेव जयते के संकल्प के साथ हम इस कठिन दौर से आसानी से निकल सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान सक्रियता से करने और उन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आवश्यक स्वीकृति निश्चित समय सीमा के भीतर देने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को निर्देश दिया है प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में हुई एक बैठक में देश में और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की अर्थव्यवस्था को गति देने और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गई

राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाने की नीतियों पर भी चर्चा की गई बैठक में कहा गया कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू किये गये सुधार जारी रहने चाहिए और औद्योगिक विकास और निवेश को बाधित करने वाली समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान करना चाहिए बैठक में वित्तमंत्री गृहमंत्री वाणिज्य और उद्योगमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया केन्द्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य माल वाहक वाहनों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि देश में पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखना जरूरी है गृह सचिव ने राज्यों से कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस सबंध में पूरी तरह से अवगत हों उन्होंने पत्र में ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया कि ट्रक के मुक्त आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्रों की मांग की जा रही है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

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है

अन्य राज्यों से प्रदेश के प्रवासी कामगारों की चरणबद्ध वापसी के लिए प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि मण्डियों में सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराने के लिए भीड़ एकत्र न होने दी जाए

उन्होंने कहा कि बाहर से आ रहे श्रमिकों के कौशल का विवरण इकट्ठा करते हुए सूची तैयार की जाए जिससे इन श्रमिकों को उनकी कार्य दक्षता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें

सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की जांच एवं इलाज दोनों ही निःशुल्क है आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें श्रभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये दिन करोडों मजदूरों के कठिन परिश्रम के सम्मान को समर्पित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई दिवस पर श्रमिकों को श्रभकामनाएं दी है

ड्रमरियागंज से भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी श्रम दिवस पर प्रदेश के श्रमिकों को श्रभकामनाएं दी है उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार ने श्रमिकों के प्रति हमेशा सहानुभूति का व्यवहार किया है उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राशन पोर्टिबिलिटी राज्य की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर आज से लागू हो जाएगी राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत राज्यों का निवासी या अन्य कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली की द्कानों से राशन प्राप्त कर सकता है एक रिपोर्ट आज से दूसरे राज्यों के लाभार्थी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के लाभार्थी दूसरे राज्यों में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर सिर्फ अपने राशन कार्ड का नम्बर बता करके राशन ले सकेंगे

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

राममनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉक्टर देश दीपक इस परिचर्चा में भाग लेंगे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

इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस सिम्पटम्स दोनों के दोनों आमतौर पर अपने आप ही सैटल कर जाते हैं